इनमें नारायणपुर के पचास और कोंडागांव के दो सौ उनतीस दल शामिल हैं वहीं बीजापुर के दो सौ पैंतालीस मतदान दलों में से एक सौ छियालीस दल वापस लौट आए हैं इनमें से पंद्रह मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से लाया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए कुल तीन सौ पैंतालीस मतदान दल भेजे गए थे वहीं एक सौ पैंसठ मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया था निर्वाचन आयोग कार्रवाई लोकसभा चुनाव के तहत निगरानी दलों द्वारा प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान अवैध धनराशि और वस्तुओं की बरामदगी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है यह आंकड़ा बढ़कर सवा पांच करोड़ रूपए के पार चला गया है इसमें चार करोड़ पैंतालीस लाख रूपये से अधिक की नकद राशि बरामद की गई है जिसमें से आयकर विभाग ने तीन करोड़ उनहत्तर लाख चालीस हजार रूपए जब्त किए हैं वहीं पुलिस ने जांच के दौरान पचहत्तर लाख छियासी हजार रूपए से अधिक की राशि जब्त की है उच्चतम न्यायालय चुनावी बॉन्ड उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं शीर्ष न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सभी राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे तीस मई तक निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों से प्राप्त रकम और बैंक खातों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता तथा संजीव खन्ना की पीठ ने इस आदेश की आज घोषणा की है एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश पारित किया गया है याचिका में इस योजना की वैधता को चुनौती देते हुए यह आग्रह किया गया है कि या तो चुनावी बॉन्ड का जारी करना रोक दिया जाए या चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे मुख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि केन्द्र की कोयला नीति के कारण पिछले पांच साल में छत्तीसगढ़ को भारी नुकसान हुआ है श्री बघेल ने कहा कि अगले तीस साल में नीलामी की जगह राज्य को मात्र सौ रूपए प्रतिटन प्रीमियम देने का प्रावधान किया गया है जिसके कारण राज्य को करीब नौ लाख करोड रूपए से अधिक की हानि होगी श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्ष दो हजार चौदह के पहले सभी बयालीस कोल ब्लॉक सार्वजनिक और निजी उपक्रमों को आवंटित थे किन्तु वर्ष दो हजार पन्द्रह में नई नीति के बाद अब तक मात्र पन्द्रह कोल ब्लॉक ही आवंटित किए गए हैं इनमें से एक कोल ब्लॉक का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है माओवादी हत्या जिम्मेदारी माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोन और दरभा डिवीजन कमेटी ने विधायक भीमा मंडावी सहित चार जवानों की हत्या की जिम्मेदारी ली है कमेटी के सचिव साईनाथ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हत्या की बात कबूली है विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस द्वारा माओवादी कमांडरों पर एनकाउंटर के विरोध में श्यामगिरी में विस्फोट किया गया था आईईडी बरामद बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है यह आईईडी माओवादियों ने मतदान दलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाया था हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों ने जिले के आवापल्ली मार्ग पर नूकनपाल और चेरामन्गी के बीच आईईडी लगाया था जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और बम निरोधक दस्ते की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान बरामद किया उधर कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल में बीएसएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने सर्विग के दौरान छब्बीस नग जिंदा कारतूस एक रेडियो पोच और माओवादी वर्दी बरामद किया है कृषि विश्वविद्यालय मान्यता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के तहत संचालित ग्यारह महाविद्यालयों को मान्यता दे दी है इसमें कृषि और कृषि अभियांत्रिकी के तीस स्नातकोत्तर और सोलह पीएचडी विषयों को शामिल किया गया है इस मान्यता से राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विभिन्न राज्यों के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोटा के तहत स्नातक में पन्द्रह प्रतिशत स्नातकोत्तर और पीएचडी में पच्चीस प्रतिशत प्रतिभावन विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की एक टीम ने मान्यता के लिए इस साल फरवरी में महाविद्यालय का निरीक्षण किया था

इस मौके पर प्रदेश के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में विशेष प्रजा अर्चना की जाएगी राजधानी रायपुर के प्राचीन महामाया मंदिर और महा काली मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में हवन का आयोजन किया जाएगा वहीं कल ही रामनवमीं का पर्व मनाया जाएगा रामनवमी की पूर्व संध्या पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं संक्षिप्त समाचार अन्य खबरें संक्षिप्त में उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म की रिलीज पर निर्वाचन आयोग के रोक लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंद्रह अप्रैल को सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश यह याचिका फिल्म के निर्माताओं की ओर से दायर की गई है